इस चरण में अट्ठारह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की इक्यानवे सीटों के लिए मतदान होगा प्रदेश की आठ लोकसभा सीट पर छियानवे प्रत्याशी कल के पहले चरण के मतदान में अपना भाग्य आजमाएंगे प्रदेश में भी कल के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में गाजियाबाद गौतमबद्व नगर बागपत सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर और कैराना में मतदान होगा पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए ईवीएम मशीनों और चुनाव सामग्रियों सहित रवाना कर दिया गया है

मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि सहारनपुर से ग्यारह कैराना से तेरह मुजफ्फरनगर से दस बिजनौर से तेरह मेरठ से ग्यारह बागपत से तेरह गाजियाबाद से बारह और गौतमबुद्ध नगर से तेरह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

तीसरे चरण में प्रदेश में दस लोकसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद कुल एक सौ बीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन कल बारह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिये तीसरे चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों में सबसे अधिक सोलह प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट पर जबकि सबसे कम छह प्रत्याशी फिरोजाबाद सीट पर है इस चरण के लिये अट्ठाईस मार्व से नामांकन प्रक्रिया ग्रुरू हुई थी तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीमीत लोकसभा सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा चौथे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गयी कल नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी उन्तीस अप्रैल को होने वाले इस चरण के चुनाव में नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा इस चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख बारह अप्रैल है चौथे चरण में प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर चुनाव सम्पन्न कराए जाएगे ये सीटे हैं शाहजहांप्र खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी हमीरपुर लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है इस चरण में सात राज्यों में इक्यावन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा प्रदेश में चौदह सीटों पर भी इस चरण में चुनाव कराए जाएगे यह सीटे हैं फिरोजाबाद धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशांबी बाराबंकी बहराइच कैसरगंज और गोंडा नामांकन भरने की अंतिम तिथि अट्ठारह अप्रैल है बाईस अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे पांचवें चरण का मतदान छह मई को होगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से लेकर सातवें और अन्तिम चरण के मतदान के दौरान किसीमी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट तथा अन्य सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होगा कल सुबह सात बजे से उन्नीस मई के शाम साढे छ बजे के दौरान किसी भी प्रकार का एम्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकेगा किसी भी चरण के मतदान के सम्पन्न होने से अड़तालिस घंटे पहले मीडिया में कोई भी ओपीनियन पोल चुनाव सर्वेक्षण जारी नहीं हो सकेगा उच्चतम न्यायालय ने रफाल लड़ाकू विमान सौदे के फैसले पर पुनर्विचार के मामले में केन्द्र के प्रारंभिक दाये को खारिज कर दिया है केन्द्र ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि अदालत में प्रस्तुत किये गर्ये गोपनीय दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किये गये थे केन्द्र का कहना है कि याचिकाकर्ता इनका उपयोग न्यायालय के चौदह दिसंबर दो हजार अट्टारह के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं के समर्थन में कर रहें हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा दो हजार उन्नीस के लिए कल से पंजीकरण शुरू हो गया है विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि यात्रा आठ जून से आठ सितम्बर के बीच दो मार्गो से होगी पंजीकरण की अंतिम तिथि नौ मई है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेला जोरों पर है

मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं